प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्तूबर को भारत के खुले में शौच से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर लंबे समय से एक जगह पर तैनात जन सम्पर्क अधिकारियों को बदलने की मांग की मौसम विभाग ने हरियाणा मे परसो कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है हरियाणा में चूनाव की अधिसूचना कल जारी की जायेगी उच्ततम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सभी पक्षों से दलीलें पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने केा कहा है

शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण रिर्पोट पर दिन के दौरान अपने दलीलें पेश करे न्यायालय ने कहा कि अक्तूबर में छुटियां है और चार हिन्दू पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युतर पेश करने की अनुमति दी जायेगी

मुस्लिम पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने की ए एस आई की रिर्पोट पर सवाल उठाते हये कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है लेकिन सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्तूबर को अहमदाबाद में होने वाले एक कार्यक्रम में भारत के खूले में शौच से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा करेंगे

इसके अलावा पंजाब हरियाणा उतरप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मध्यप्रदेश बिहार और अन्य राज्यों के अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेशों के सरपंच भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नारनौल व मंडी की प्रचार इकाइयों द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत आज सरस्वती महिला महाविद्यालय में छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरों की नारनौल इकाई के प्रभारी राजेश अरोड़ा ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्राओं को मतदान के महत्व व लोकतंत्र में मतदान की अहम भूमिका के बारे में जागरूक किया गया छात्राओं के समक्ष वीवीपैट मशीन का डेमो दिखाया गया ताकि प्रथम बार वोट करने मतदाताओं को कोई परेशानी न हो उन्होंने कहा कि मतदाता निष्पक्ष व निडर होकर मतदान करें मतदान के समय किसी के बहकावे में न आये छात्राओं को वोट बनाने के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया गया कि च्नाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जासकता है हरियाणा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आमजन को मतदान के महत्व के बारे जागरूक किया जा रहा है आज हरियाणा के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के बारे जानकारी दे रहे है

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को दूसरो को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए उन्होंने य्वाओं का भी देश हित मे अपनी ऊर्जा प्रयोग करने का आह्वान किया और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने में मदद करने में योगदान देने को कहा यम्नानगर पंचकूलाफतेहाबाद और भिवानी में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चूनाव प्रक्रिया और चूनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी

अम्बाला के निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चुनाव लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए है कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा की भी व्यापक व्यापक रहेगी हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव को लेकर आजजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज सिरसा के डबवाली में साइकिल रैली निकाली गई रैली को रिटर्निंग अधिकारी एंव एस डी एम विनेश कुमार ने रवाना किया इस मौके पर एस डी एम ने कहा कि नागरिकों को मतदान कर देश के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए जागरूकता रैली में छात्रों ने साईकिलो पर तख्तियां लगा कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया

पत्र में श्री जयहिंद ने लिखा है कि हरियाणा मे होने वाले चुनाव विधानसभा के आम चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त ने भी हरियाणा सरकार को चुनाव से सीधे जुड़े तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को बदलने के निर्देश दिये है

श्री नवीन जयहिंद ने कहा है कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी सरकार के दवाब में काम कर सकती है उन्होंने कहा कि इस कमेटी में बतौर सदस्य सचिव जिले में जिला सूचना एंव जनसम्पर्क अधिकारी तैनात होते है हरियाणा में ऐसे अनेक जिलो में जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी तीन सात से ज्यादा एक ही स्थान पर या अपने गृह जिले मे तैनता है ऐसे मे इस कमेटी के सदस्य सचिव सरकार के पक्ष मे काम कर सकते है उन्होंने आरोप लगया कि सरकार ने फिल्हाल अभी कुछ जिलों मे सूचना एक जनसम्पर्क अधिकारियों के तबादले कर खानापूर्ति की है

उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझ कर ऐसे अधिकारियों को वहीं तैनात रखा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे चूनाव लड़ेगे

मौमस विभाग से मिली जानकारी के अन्युसार आज भी प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई चंडीगढ़ में आज तड़के से ही कई जगह बौछारे पड़ने की खबर है

उन्हाना हसनप्र होडल शान्सा हथीन और मोरनी में एक एक सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन् के यू टयूब चैनलो पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा जिसे राज आठ बजे पुनः प्रसारित किया जायेगा